और मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को भारी बर्फबारी व ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के दिए निर्देश कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट की इस घड़ी में प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन के महत्व के बारे में जागरूक होना चाहिए उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन के बारे में किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की

उन्होंने कहा कि केन्द्र का निशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम जारी रहेगा प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की कि वे अधिक से अधिक लोगों को केन्द्र सरकार के निशुल्क टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें उन्होंने लोगों से आग्रह किया वैक्सीन लें सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र नहीं भूलना चाहिए

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में आज शिमला में हई एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया

बैठक में कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज रामलाल मारकंडा राजीव सैजल और राकेश पठानिया सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया

टीका आग्रह स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने राज्य के सभी पात्र लोगों से जल्द से जल्द कोविड टीका लगाने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर की अपेक्षा अधिक गंभीर है और बड़ी संख्या में लोग मृत्यु का शिकार हो रहे हैं वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना ज़िले में निर्माणाधीन बीहडू ऊना राष्ट्रीय उच्च मार्ग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य तय समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए

वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि लठियाणी मंदली पुल की डीपीआर जुलाई महीने तक तैयार कर ली जाएगी

इन संयंत्रों में पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन होगा यह फैसला अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश के अनुरूप किया गया प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि ये संयंत्र जल्द से जल्द चालू हो जाने चाहिए यह संयंत्र विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में जिला मुख्यालयों में निर्धारित सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर होगी मूल्यांकन मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने सभी जिलों के उपायक्तों को बर्फबारी ओलावृष्टि और भारी वर्षा के कारण फसलों को हुए नुकसान का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए हैं शिमला में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि नुकसान की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जाएगी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 उन्होंने उपायुक्तों को ये भी निर्देश दिए कि वे बीमा एजैन्सियों को फसल बीमा योजना के तहत कवर की गई फसलों के नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए अपने एजैंटों को कहें ताकि किसानों को जल्द मुआवजा दिया जा सके

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने लोगों को महावीर जयंती पर श्भकामनाएं दीं हैं राज्यपाल ने राजभवन में भगवान महावीर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्वांजलि दी उन्होंने कहा कि भगवान महावीर ने अहिंसा करूणा और निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करने का संदेश दिया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी लोगों से भगवान महावीर द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का आहवान किया है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप राठौर ने आज शिमला ज़िले के ठियोग और जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में बर्फबारी व ओलावृष्टि से सेब बागीचों को हए नुकसान का जायजा लिया उन्होंने नुकसान की भरपाई का मामला राज्य सरकार से उठाने का बागवानों को भरोसा दिलाया लाहौल कोरोना लाहौल स्पीति ज़िले में भारी बर्फबारी के कारण चार दिन तक कोविड वैक्सीन अभियान बंद रहने के बाद आज इसे फिर से शुरू कर दिया गया क्षेत्रीय अस्पताल केलंग में आज बड़ी संख्या में लोग बर्फ के बीच पैदल चलकर टीका लगाने पहुंचे